समाचार विस्तार से ओआरओपी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश को वीरता के साथ सुरक्षा प्रदान करने वाले महान सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में पांच वर्ष पूर्व एक ऐतिहासिक कदम उठाया था श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि एक रैंक एक पेंशन का निर्णय एक स्मरणीय अवसर था जिसके लिए देश को कई दशकों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी

श्री सिंह ने कहा कि एक रैंक एक पेंशन व्यवस्था ने हाल ही में और पूर्व में अवकाश लेने वाले पेंशन भोगियों के बीच अंतर को समाप्त किया है उधर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश के जांबाज जवानों के कल्याण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक रेंक एक पेंशन के बारे में किया गया फैसला इस बात का प्रमाण है

इसके अंतर्गत गो अभ्यारण्य में ग्रामीण पर्यटन योग अध्यात्म शिविर आदि की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है इसके अलावा गो शालाओं में फलदार पौधे लगाकर गो उत्पाद अनुसंधान केन्द्र और सौर ऊर्जा उत्पादन जैसी योजनाओं पर भी चर्चा की गयी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की गौशालाओं के संचालन तथा आगर जिले में स्थित प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य सालरिया की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान इन अभिनव प्रयासों पर प्रकाश डाला मुख्यमंत्री ने सालरिया गो अभ्यारण्य में गायों की देखभाल का कार्य स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराने के निर्देश दिए अपर मुख्य सचिव जे एन कंसोटिया ने बताया कि सालरिया गो अभ्यारण्य में वर्तमान में गोबर से गो काष्ठ पूजा के कंडे खाद आदि बनाए जा रहे हैं साथ ही गो मूत्र से गो अर्क भी बनाने की योजना है वहां अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की कार्रवाई भी चल रही है

शहडोल जिले में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है

उधर नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

जन आंदोलन जाने माने किकेट खिलाड़ी मोहनीश मिश्रा ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

गौरतलब है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः रोजगार से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना आरंभ की गई है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया गया है कि प्रत्याशी प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता मतगणना कक्ष में आयोग के निर्देशों के अनुसार उपस्थित रह सकते हैं

कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मतगणना में पक्षपात होने पर कांग्रेस आंदोलन करेगी शिवपुरी जिले में पोहरी और करैरा में हुए मतदान के बाद आगे की कार्रवाई के संबंध में कल जिला मुख्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई है सागर जिला मुख्यालय में मतगणनाकर्मियों का प्रशिक्षण दो चरणों में आयोजित किया गया प्रथम चरण में डाक मतपत्र से संबंधित मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया इसके बाद ईवीएम मतगणना प्रशिक्षण संपन्न हुआ अन्य जिलों में भी मतगणना की तैयारियां जोरशोर से चल रही है

इसके जरिए ग्राहक खुद दूध की शुद्धता की जांच कर सकेंगे कलेक्टर जितेन्द्र सिंह राजे ने इस स्टार्ट अप और इससे जुड़े एप का शुभारम्भ किया इस मौके पर स्टार्ट अप के सीईओ देवांश शर्मा एवं यश जोशी ने बताया कि इस एप के जरिए न केवल फ़ोन पर दूध का पूरा हिसाब उपलब्ध रहेगा बल्कि लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता भी ग्राहकों को देखने को मिलेगी इस एप में दूधवालों की रेटिंग उनके दूध के प्रकार की जानकारी भी ग्राहको को मिलेगी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

नई लाइन से सीहोर देवास तथा इंदौर जिलों को लाभ होगा